मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली में इंडिया गेट के मैदान पर होगा जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहेंगी

इसके बाद सशस्त्र बलों के साहस को विभिन्न चित्रों और फिल्मों के जरिये प्रदर्शित किया जायेगा

इससे पहर्ले कल बीकानेर में पराकम पर्व के उपलक्ष्य में वैटनरी विश्वविद्यालय के एनसीसी कैंडेट्स ने लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक सिंह राठौड के नेतृत्व में रैली निकाली जो विभिन्न मार्गो से होकर गुजरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधप्र में एकीकत सैन्य कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे जोधप्र वायुसेना स्टेशन पर आयोजित होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे कांफ़ेंस से पहले श्री मोदी जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर सशस्त्र बलों के साहस को प्रदर्शित करती हुई तीन दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे करीब सवा घंटे के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कोणार्क कॉर्प्स के युद्ध स्मारक पर जाएंगे और वहां पुष्प अर्पित करेंगे इसके बाद वे प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे

केन्द्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कल नई दिल्ली में दूरसंचार से संबंधित परिपत्रों दिशा निर्देशों और नीति निर्देशों से संबद्ध विवरणिका जारी करते हुए यह बात कही निर्वाचन आयोग ने राज्य विधानसभा के समय से पहले भंग होने और नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक सरकार बनने की स्थिति में आदर्श आचार संहिता के लागू किये जाने के तौर तरीकों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं केंद्रीय कैबिनेट सचिव और राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कार्यवाहक सरकार और केंद्र सरकार आदर्श आचार संहिता के विपरीत नई योजनाओं और नई परियोजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती हैं

आज शहीद भगत सिंह की जयंती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगत सिंह को श्रद्वाजंलि दी है उन्होंने टवीट पर एक संदेश में कहा कि लाखों देशवासी भगत सिंह बलिदान से प्रेरित होते रहे है और वे भी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनके योगदान को स्मरण कर रहे है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी भगत सिंह को श्रद्वाजंलि देते हुए कहा है कि भगत सिंह को कोटि कोटि नमन आज देश को उनके जैसे जोश और उमंग से भरे युवाओं की आवश्यकता है

हादसे में घायल हुये लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया घटना के बाद फैले तनाव को देखते हये क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है राज्य की पीसीपीएनडीटी टीम ने कल भ्रषण लिंग जांच के मामले में एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है जो राजस्थान और पंजाब में लंबे समय से इस काम को अंजाम दे रहे थे पीसीपीएनडीटी के राज्य समुचित प्राधिकारी नवीन जैन ने बताया कि कल की गई अंतर्राज्यीय डिकॉय कार्रवाई में राजस्थान के एक झोलाछाप डॉक्टर सहित पंजाब के एक झोलाछाप डॉक्टर और नर्स के साथ सोनोग्राफी सेंटर संचालक को गिरफ्तार किया गया है वहीं सोनोग्राफी मशीन को सीज कर आवश्यक दस्तावेज जब्त किए गए हैं उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर में आस पास के गांवों में दलालों के सक्रिय होने और राजस्थान तथा सीमावर्ती राज्यों में भ्रण लिंग जांच करने वाले लोगों की शिकायत मिल रही थी इसके बाद ये कार्रवाई की गई